कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिये गठित सलाहकार समिति से कहा है कि वर्तमान में कोविड संक्रमण की स्थिति और भविष्य की चुनौतियों की ओर देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण बचाव और उपचार की कार्य योजना व रणनीति बनाये मुख्यमंत्री कल शाम अपने सरकारी आवास से वर्च्अल माध्यम से सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विशेषज्ञों से आहवान किया है कि वे अपील संदेशों पैनल डिस्कसन आदि के माध्यम से कोरोना के विरूद्व संघर्ष में समाज को जागरूक करने का कार्य करे मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार कोरोना के विरूद्व लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर के विरूद्ध प्रभावी लड़ाई में चिकित्सकों और विशेषज्ञों का योगदान सराहनीय है हम सभी कोविड ड्यूटी में लगे चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों पैरामेडिकल स्टॉफ सफाई कर्मियों सभी फ्रंट लाइन वकस और कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाये इससे समाज को समबल मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा

कुछ निजी अस्पतालों में शासन द्वारा तय शुल्क दर से कई गुना अधिक की वसूली की भी जानकारियां मिली है इन घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा है कि मरीज और उसके परिजनों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि ऑक्सीजन के लिये भारत सरकार से लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है

एसजीपीजीआई केजीएमयू लखनऊ में बेड विस्तार की कार्रवाई हो रही है उन्होंने कहा कि हमें मिशन मोड में कार्य करते हुए बेड की वर्तमान क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता है

परिवहन विभाग इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराये

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा इधर राज्य सरकार ने भी सरकारी व निजी कार्यालयों में बीमार दिव्यांग कर्मचारी और गभवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम की सुविधा दिये जाने को कहा है इन्हें कार्यालय आने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी

प्रदेश सरकार ने कहा है कि एक समय में एक तिहाई से अधिक कर्मचारी कतई उपस्थित न रह प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत शुरू किये गये महिला रोजगार सूजन कार्यक्रम महिला उद्यमियों की आजीविका के लिये आशा की किरण साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग सिंगल बर्ड चिप कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा रहा है कार्यक्रम के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के परिवार के सदस्यों को भी रोजगार की प्राप्ति हो रही है

इन महिलाओं को सिंगल बर्ड चिप के सीडलिंग तैयार करने के लिये विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है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

प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और रिकवरी दर भी बेहतर हो रही है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज यह जानकारी दी

प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है

वर्तमान में यह अभियान अधिक संक्रमण वाले सात जिलों में ही चल रहा है

राज्य में अब वैक्सीन वेस्टेज घट कर शुन्य दशमलव एक एक प्रतिशत रह गई है उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार कोरोना संक्रमित अथवा लक्षण वाले लोग अभी टीकाकरण न कराये इसी प्रकार स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोविड संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ होने के न्यूनतम एक माह वैक्सीनेशन कराना चाहिये उन्होंने निर्देश दिये कि टीकाकरण के लिये ऑन लाइन पंजीकरण व्यवस्था ही लागू रहनी चाहिये जिनकी बारी है उनको एक दो दिन पूर्व फोन से सम्पर्क कर जानकारी दी जानी चाहिये उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी शासन द्वारा जारीगाइड लाइन के अन्तर्गत ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की खरीद कर सकते हैं कर्मचारियों को इससे बड़ी सहूलियत होगी उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलों में सीएमओ व स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संक्रमित हुए हो ऐसे जिलों में स्वास्थ्य विभाग तत्काल नई तैनाती की जाये रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा सीट से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का आज निधन हो गया

मुख्यमंत्री ने इनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सवानिवृत्त न्यायाधीश धर्मवीर शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

मस्जिदों में सिर्फ पांच लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नमाज अता की सरकार ने इसक लिये एडवाइजरी जारी की थी मुस्लिम धर्म गुरू मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ के ईदगाह में अलविदा की नमाज पढ़ी और कोरोना महामारी के खात्मे के लिये दुआ पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार पीआईबी ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है सोशल मीडिया पर टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल ऐप को देखते हुए पीआईबी ने यह स्परष्टीकरण जारी किया है